वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों व जन प्रतिनिधियों से मांगा सहयोग

प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर जिले के पांवटा से शिमला जिले के हाटकोटी तक बनने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कोरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री ने आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि पावंटा शिलाई हाटकोटी मार्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और बचे हुए इलाकों की जमीन अधिग्रहण के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी कांग्रेस की आशा कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंगेरा से खुंडी मराल सड़क की चौड़ाई वाइल्ड लाइफ विंग की एनओसी के कारण रूकी है और जल्द एनओसी जारी कर दी जाएगी भाजपा के किशोरी लाल के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सेब के पौधों की कोई कमी नहीं है कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों व करीबियों को ही पौधे आवंटित करने पर उन्होंने कहा कि इसका पता लगाया जाएगा

भाजपा के विनोद कुमार के सवाल पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके सरकार इसके लिए योजना का पूरा प्रचार प्रसार करेगी भाजपा के सुभाष ठाकुर के बिलासपुर बस अड्डे को लेकर पूछे गए सवाल पर बिक्रम ठाक्र ने कहा कि इस बस अड्डे के निर्माण कार्य का मामला बस अड्डा प्राधिकरण बीओडी की बैठक में रखा जाएगा शोकोदगार विधानसभा में आज पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नाथ शर्मा के निधन पर श्रद्दांजलि दी गई सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोकोदगार पेश किया मुख्यमंत्री ने रामनाथ शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोदगार में हिस्सा लेते हुए विधायक दल की तरफ से स्वर्गीय रामनाथ शर्मा को श्रद्वांजलि दी विधायक राकेश सिंघा बलवीर सिंह सतपाल रायजादा विक्रमादित्य सिंह आईडी लखनपाल और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी शोकोदगार में हिस्सा लिया विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां रोजगार देने वालों को पैदा करेगी रोजगार मांगने वालों को नहीं वहीं हर हाथ को काम मिले इसके लिए छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा नीतियों को अपनाता रहा है ऐसे में उचित होगा कि हिमाचल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी निभाए गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए प्रदेश स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले मुंडाघाट क्षेत्र में वर्षों पुराने हनुमान मंदिर में चोरी का मामला आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठा कांग्रेस विधायक अनिरुद्व सिंह ने यह मामला उठाते हुए सरकार से इस मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों को जल्द खोजने और चोरों का पता लगाने की मांग की मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि पुलिस तत्परता से चोरी के इस मामले को सुलझाने में लगी है और इसके लिए पुलिस की विशेष जांच टीम बनाई गई है

उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पुल के निर्माण कार्य को देखेंगे वक्तव्य कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है

उन्होंने कहा कि कोविड के मामले में अनावश्यक चिंता के बजाए सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने सदस्यों से कहा कि वे लक्षण रहित कोरोना मरीजों व हलके लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रोत्साहित करें

उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत ही कम कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर्ज की आवश्यकता पड़ी है

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी

शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में केन्द्र के दबाव में जल्दबाजी में लिया गया सरकार का ये फैसला प्रदेश के लिए घातक सिद्ध होगा